राज्यपाल ने रेडक्रॉस वॉलिंटियर्स से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य में सहयोग का आव्हान किया

इस तरह से अब प्रदेश के समी जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है तेरह जिलों में पांच मई तक और पंद्रह जिलों में छह मई तक लॉकडाउन रहेगा इस बीच केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कडी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए चौदह दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहत बढोतरी हो रही हो सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण दस प्रतिशत से अधिक है या अस्पतालों में साठ प्रतिशत बिस्तर मरीजों से भरे हैं वहां कड़ी कार्रवाई की जाए इस बीच प्रदेश में कल बारह हजार से अधिक नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसके साथ ही प्रदेश में संक्रभित लोगों की कुल संख्या छह लाख बावन हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में लगभग एक लाख चौबीस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक सौ नब्बे लोगों की मृत्यु हुई कल राज्य में सबसे अधिक मरीज रायपुर जिले से मिले यहां सोलह सौ उनतालीस मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग में तेरह सौ पचपन और बिलासपुर जिले में करीब नौ सौ नब्बे कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

राज्य के विभिन्न जिलों में तेरह सौ से अधिक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है ये बिस्तर ऐसे मरीजों के लिए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण है लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है राजनांदगांव जिले में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोविड टेस्ट के लिए अधिक से अधिक लोगों के नमूने लिए जा सके उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों का सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही इन यात्रियों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी इस बीच संसदीय सचिव और मोहला मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने वनांचल क्षेत्रों के सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विकित्सा उपकरणों और जीवन रक्षक दवाइयों की खरीदी के लिए विधायक निधि से नौ लाख रूपये देने की अनुशंसा की है दुर्ग जिले में विधायक देवेन्द्र यादव ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने के लिए विधायक निधि से पांच लाख रूपये प्रदान किए हैं वहीं कोविड अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए कोरबा में ईएसआईसी कोविड अस्पताल में फायर सेफ्टी मॉकड्रिल किया गया इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के साथ ही अग्निकांड के दौरान बचाव के तरीके सीखे

इस ग्रुप में कलेक्टर और डॉक्टर भी शामिल होंगे मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वे इस व्हाटसअप ग्रूप के जरिये अपनी समस्या को साझा कर सकेंगे कोंडागांव जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कोविड इलाज के लिए जरूरी पच्चीस किट उपलब्ध कराए जाएंगे गांव के किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होने की स्थिति में उसे यह किट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जिले के कलेक्टर प्रष्पेन्द्र कुमार मीणा ने स्वास्थ्य विभाग को इस तरह का किट बनाने के निर्देश दिए हैं वहीं कोरिया जिले में कोर्रोना संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने में स्व सहायता समृह की महिलाएं भी उल्लेखनीय भूभिका निभा रही हैं ये महिलाएं गांव गांव जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के तरीकों के बारे में बता रही हैं इस बीच रायपुर जिले में कोविड मरीजों के इलाज के दौरान अधिक राशि की वसुली या अन्य शिकायतें दर्ज कराने के लिए जिला कंट्रोल रूम में नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है यह फोन नंबर है आठ छह शुन्य दो दो सात शुन्य शुन्य दो तीन ऑक्सीजन संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सरकारी अस्पतालों में पांच सौ इंक्यावन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया है यह संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्यता बढाने के श्री मोदी के निर्देश के बाद पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में पांच सौ इंक्यावन विशेष प्रेशर स्विंग एडजॉर्पशन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह संयंत्र लगाए जाएंगे इधर चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स कोष के माध्यम छत्तीसगढ़ के चौदह जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किये जायेंगे पीएम केयर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ के चौदह जिलों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ये जिले हैं बस्तर बीजापुर बिलासपुर दंतेवाड़ा धमतरी दुर्ग जशपुर कांकेर कोरबा कोरिया महासमुद रायगढ़ रायपुर और राजनादगाव इन संयंत्रो से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्यता सुनिश्चित करने में काफी मदद भिलेगी जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी इसके अलावा तरल मेडिकल ऑक्सीजन कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के टॉप अप के रूप में काम करेगी इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों व अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्वाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके विकल्प शक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इस बीच कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी व्यक्ति की जान न जाए इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने को लिए कहा है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पाथ प्रीतम साहू की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तृत करने के निर्देश दिए हैं इस जनहित याचिका में राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड उपचार की देर निर्घारित करने के लिए कहा गया है

फेसबुक पोस्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शेष पर्वास प्रतिशत कोटे में राज्यों को स्वतंत्रता होगी कई राज्यों ने अपने अनुसार टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था और अब शेष पचास प्रतिशत कोटे से उन्हें अपने हिसाब से प्राथमिकता वाले समूहों को टीके लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया सके केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बडी संख्या में लोगों को तेजी से टीके लगाने की सुविधा मिलेगी इस बीच देशभर में अब तक चौदह करोड उन्नीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाये गये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ लाख पंचानवे हजार से अधिक टीके लगाये गये राज्यपाल रेडकॉस आव्हान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के वॉलिंटियर्स को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य में सहयोग करने का आव्हान किया है उन्होंने कहा कि ये वॉलिंटियर्स कोरोना संकट के समय पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद करने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाएं मुख्यमंत्री नगर पालिका समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर सरगुजा और बस्तर संभाग की सभी पच्चीस नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ वर्चअल बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने सभी नगर पालिका परिषदों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता के साथ ही शद्ध पेयजल की उपलब्धता सनिश्चित करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उन्हें तत्काल दवा की किट उपलब्ध कराई जाए साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की तत्परता के साथ इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के हर गली और मोहल्ले में नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए बैठक के दौरान श्री बघेल ने सक्ती और खरसिया में आवश्यकता के अनुरूप डॉक्टरों की भर्ती करने की अनुमति दी उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि की व्यवस्था जिला खनिज मद से की जाए इसी तरह मुख्यमंत्री ने रतनपुर और तखतपुर में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की भी तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ्रिया अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और मुख्य सचिव अमिताम जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे यूनिसेफ कोविड वर्कशॉप यूनिसेफ और पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर द्वारा आज संयुक्त रूप से कोविड नाइंटीन वैश्विक महामारी के संदर्भ में एक वर्चअल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला को युनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीघर रयावंकी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर प्रणीत कमार ने संबोधित किया इस मौके पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान उपजी परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया विशेषज्ञों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानियां बरतना ही सबसे उत्तम उपाय है उन्होंने कहा कि लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनना चाहिए इसके अलावा सर्दी खांसी बुखार सरदर्द जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल कोविड टेस्ट कराना चाहिए कोविड रिपोर्ट आने तक स्वयं को अपने परिजनों से अलग करके रखना चाहिए ताकि संक्रमण का फैलाव न हो यदि रिपोर्ट आने से पहले स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए यह टीका कोरोना संक्रमण की स्थिति में मरीज को गंभीर हालत में पहुंचने से काफी हद तक बचा सकता है माओवादी समाचार कांकेर जिले के कामतेड़ा स्थित बीएसएफ कैम्प में माओवादियों ने बीती रात देशी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया माओवादियों ने कृछ देर तक गोलीबारी भी की इस हमले में सुरक्षा बल का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है हमला होते ही जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इसके बाद माओवादी भाग गए पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने बताया कि घटनास्थल पर तलाशी के बाद रॉकेट लॉन्चर से दागे गए आठ गोलों के अवशेष मिले हैं सीमा सुरक्षा बल का यह कैम्प कोयलीबेड़ा के पास स्थित है बीते पांच महीने में माओवादी इस कैम्प पर दो बार हमले का असफल प्रयास कर चके हैं इस बीच बीजापुर जिले में सीआरपीएफ ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशकृतुल से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है उधर नारायणपुर जिले में कुंदला के पास सुरक्षा बलों ने पांच संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक इनामी माओवादी है इनके कब्जे से एक आईईडी भी बरामद की गई है

मौसम प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर अंघड भी चल सकता है

संक्षिप्त समाचार राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में बीती सत्रह अप्रैल को हुई आगजनी की घटना में मारे गए छह व्यक्तियों के परिजनों ँको राज्य सरकार द्वारा चार चार लाख रूपये की ऑर्थिक सहायता स्वीकत की गई है गरियाबंद जिले के कचनाधुर्वा ढलान के पास एक दोपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई कोंडागांव जिले में पुलिस ने तेंदुएं की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसकी अनुमानित कीमत करीब दस लाख रूपये बताई जाती है भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन के कंट्रोल रूम में इमरजेंसी बटन बंद करने के आरोप में भट्टी पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है